गृह विभाग ने राज्य में होने वाले धार्भिक उत्सवों और कार्यक्रमों के दौरान कोराना संकमण से बचाव के लिए मानक संचालन प्रकिया जारी की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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इसके साथ ही प्रदेश से कुंम मेले में शामिल होने वाले श्रद्वालुओं को केन्द्र सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की भी पालना करनी होगी गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय क्मार ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिये धार्मिक मेलो उत्सवों और कार्यकर्मो में शामिल होने वाले सभी श्रद्वालुओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और नेगेटिव आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट साथ रखनी होगी

ये विकास कार्य वल्लभनगर सहाड़ा राजसमंद और सुजानगढ़ में कराये जा रहे है

कार्यक्रम को संबोधित करते हये श्री गइलोत ने कहा कि सरकार ने कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हर वर्ग को राहत देने का काम किया है

धोखाधडी के मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय बनायी है जो उपभोक्तओं के साथ धोखाधडी के मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करेगी

यह परीक्षण रेगिस्तानी पर्वतमाला में अत्याध्रनिक हल्के हेलिकॉप्टर प्लेटफॉर्म ँसे किया गया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ सेना और वायु सेना को बधाई दी है

इस वेबसाइट के जरिये बच्चों माता पिता शिक्षकों प्रदर्शकों को वर्चेअल रूप से मेले में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा

इसके साथ ही जायरीन की अजमेर से वापसी शुरू हो गई है

कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओ का सम्मान किया गया

आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आकाशवाणी को बताया कि इस अमियान का मकसद बच्चों से जुड़े मुद्दों के बारे में सामाजिक चेतना विकसित करना है

वहीं रात में सर्दी का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है